हरियाणा के म्ख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिवस पर आयोजित कार्यक्रम में युवाओं को सकारात्मक सोच अपनाने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने की आहवान किया

नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिह प्री ने राज्यसभा में एक लिखिल जवाब में यह जानकारी दी है दिशा निर्देशों के अन्सार हवाई अड्डे के संचालक आर टी पी सी आर जांच हेतु नमूने एकत्रित करने के लिए पतीक्षा कक्ष की सुविधा भी देंगे संचालक यात्रियों को नमुनों की जांच रिपोर्ट आने तक उन्हें दिये गये होटल के कमले या प्रतीक्षा कक्ष में रूकने का विकल्प देंगे यात्रियों के पासपोर्ट जांच रिपोर्ट आने तक अधिकारियों के पास रहेंगे जांच रिपोर्ट नेगीटिव आने पर यात्री को प्रतीक्षा कक्ष से जाने और अपनी संबद्ध उड़ाम लेने की अनुमति होगी जबकि कोविड जांच रिपोर्ट पोजिटिव आने पर राजय के अधिकारियों भारतीय आय्र्विज्ञान अन्संधान परिषद के प्राटोकाल के अन्सार अगली दवारा कार्रवाई की जायेगी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने युवाओं को सकारात्मक सोच अपनाने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का आहवान किया है मुख्यमंत्री फरीदाबाद के जे सी बोस विज्ञान एवं प्रोदयोगिकी विश्वविदयालय में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित युवा प्ररेणा दिवस को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने युवाओं को अपने जीवन में भय शब्द की निकाल देने का मूल मंत्र भी दिया विश्वविद्यालय के क्लपति प्रो दिनेश क्मार ने इस मौके पर सभी को भारत में बने उत्पाद खरीदने का संकल्प दिलाया

बीजेपी दवारा पंचक्ला जिले के रामगढ़ में आखों की जांच हेत् एक शिविर का आयोजन किया गया और लोगों को चश्में वितरित किये गये इस शिविर का उदघाटन विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद ग्प्ता ने किया

आज चंडीगढ़ में जारी एक संदेश में म्ख्यमंत्री ने कहा कि श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने विश्व में एक नई पहचान बनाई है उन्होंने कहा कि स्वहित से ऊपर उठकर समर्पित भाव से राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानकर श्री मोदी ने राजनीति की परिभाषा बदली है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिवस पर सेवा कार्य किये जा रहे है अम्बाला जिले के नगर आयक्त के आदेशानसार आज नगर परिषद अम्बाला दवारा आमजन को जुट के थैले बांट कर पोलिथीन मुक्त भारत बनाने के लिए प्रेरित किया गया यमुनानगर जिले में आज जगाधरी छछरौली प्रताप नगर बूपिया व सपोरा सहित कई जगह थैले बांटे गये और पौधारोपण किया गया नगर निगम मेयर मदन चौहान ने यमुनानगर व जगाधरी में भी लगभग सात हजार कपड़े के थैले वितरित किये उन्होंने इस मौके पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश की बागडोर संभालने के बाद अनेक आयाम छ्ये है उधर अम्बाला छावनी के सदर बाज़ार में मोदी जी को हां और प्लास्टिक को न कार्यक्रम के तहत जूट के थैले वितरित करते हये गृहमंत्री अनिल विज ने कहा कि भारत को हर क्षेत्र में उंचा उठाने वाले नई दिशा देने वाले तथा देश को आत्मनिर्भर बनाकर जनसेवा की नई सीख देने वाले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सेवा और विकास के क्षेत्र में नए प्ररेक और अन्करणीय अध्यायों का सूत्रपात किया हैं

हरियाणा योग परिषद के अध्यक्ष डॉ जयदीप आर्य ने आज के दौर में कोरोना वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए प्राकृतिक चिकित्सा का सहारा लेने का आहवान किया है

उन्होने कहा कि प्रधानमंत्री के प्रयासों से ही योग को अंर्तराष्ट्रीय स्तर पर दर्जा मिल पाया है ओर प्राकृतिक चिकित्सा को अंर्तराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिले इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल व स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज प्रयासरत है उन्होंने कहा कि प्राकृतिक चिकित्सा हमारे लिए बहुत ही कारगर है और हर प्रकार की बिमारी का ईलाज प्राकृतिक चिकित्सा में मौजूद है इसके लिए हमें अपनी आहार विहार चर्या अर्थात् खान पान का विशेष तौर पर ध्यान रखना होता है प्राकृतिक चिकित्सा से व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है जो वर्तमान समय में बहृत ही महत्वपूर्ण है वेबिनार में योग परिषद के रजिस्ट्रार डॉ हरीश चन्द्र कार्यक्रम संयोजक मदन मानव और अन्य कई वक्ताओं ने भी भाग लिया

हमारे संवादाता ने बताया कि कोविड संक्रमण से पंचकूला जिले में एक फरीदाबाद यमुनानगर अम्बाला और सिरसा जिलों में दो दो कोविड मरीज़ों की मृतय् हई है

भारतीय जनता पार्टी क प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कृषि सम्बधी अध्यादेशों को लेकर स्थिति स्पष्ट करते हये कहा है कि मंडियों में ही फसल के दाने दाने की खरीद होगी इसके लिए मार्किट कमेटी के अध्यक्षों को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है श्री धनखड़ चरखी दादरी में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के मौके पर एक पत्रकारवार्ता को सम्बोधित कर रहे थे

उन्होंने कहा कि बीजेपी किसानों के साथ खड़ी है केन्द्र सरकार दवारा किसानों के हित में नित नये फैसले लिए जा रहे है जो किसानों के लिए काफी लाभकारी साबित हो रहे है भिवानी जिले के सिकानों से जब सरकार दवारा किसानों के हित के लिए लिए गये फैसलों के बारे में पूछा गया तो किसान प्रषोतम वीरेन्द्र और संजय ने कहा कि किसान पेंशन फसल बीमा किसानों के हित में लाये गये तीन किसान अध्यादेश खाद के व बीज के दामों में कमी प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधि योजना के तहत मिलने वाले छ हजार रूपये व न्यूनतम समर्थन मुल्य डेढ़ गुणा बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण फैसलों ने उनके जीवन में बदलाव लाने का काम किया है